संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू

प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी बधाई संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है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 सत्र की शुरूआत से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि देश की संसद एक स्वर से सीमा की सुरक्षा कर रहे बहादुर सैनिकों के साथ मजबूती से खड़ा होने का संदेश देगी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 साउंड बाईट कोरोना भी है कर्तव्य भी है और सभी सांसदों ने कर्तव्य का रास्ता चुना है मैं सभी सांसदों को इस पहल के लिए बधाई देता हूं अमिनंदन करता हूं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 इस बार मी दिन में दो बार एक बार राज्यसभा एक बार लोकसभा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 सटरडे संडे भी इस बार केन्सल कर दिया गया है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

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल बिहार में शहरी बुनियादी ढांचे से जुड़ी सात परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे इनमें से चार परियोजनाएँ जल आपूर्ति दो सीवेज व्यवस्था और एक रिवरफ्रंट विकास से संबंधित हैं इन परियोजनाओं पर पांच सौ इकतालीस करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन राज्य का शहरी विकास और आवास विभाग कर रहा है प्रधानमंत्री पटना नगर निगम के अंतर्गत बेउर और करमलीचक में नमामि गंगे परियोजना के तहत निर्मित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन करेंगे सीवान नगर परिषद और छपरा नगर निगम में अमृत मिशन के तहत निर्मित जल आपूर्ति परियोजनाओं का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा इन दोनों परियोजनाओं से स्थानीय निवासियों को चौबीस घंटे शुद्ध पेयजल मिलने में मदद मिलेगी प्रधानमंत्री अमृत मिशन के तहत मुंगेर में जलापूर्ति योजना का शिलान्यास करेंगे इस योजना से मुंगेर नगर निगम के निवासियों को पाइप लाईन के माध्यम से शुद्ध पानी प्राप्त करने में मदद मिलेगी जमालपुर नगर परिषद में अमृत मिशन के तहत जमालपुर जलापूर्ति योजना का शिलान्यास किया जाएगा प्रधानमंत्री नमामि गंगे के अंतर्गत बनाई जा रही मुजफ्फरपुर रिवरफ्रंट विकास योजना की आधारशिला रखेंगे परियोजना के तहत मुजफ्फरपुर के तीन घाट पूर्वी अखाड़ा घाट सेधी घाट और चंदवारा घाट विकसित किए जाएंगे इन घाटों पर उचित सुरक्षा प्रबंध साफ सफाई और पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था की जाएगी निर्वाचन आयोग की दो सदस्यीय टीम ने आज मूजफ्फरपूर और पटना में दरभंगा मधुबनी सीतामढ़ी नालंदा भोजपुर और बक्सर समेत चौबीस जिलों के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की बैठक में तिरहत और पटना प्रमंडल के आयुक्त भी शामिल रहे हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में कोरोना और बाढ़ से उत्पन्न स्थिति को लेकर गहन विचार विमर्श किया गया

चुनाव प्रक्रिया के दौरान कोरोना से बचाव को लेकर किये जा रहे इंतजाम की भी समीक्षा की गयी साथ ही वोटिंग में दिव्यांग मतदाताओं की सहमागिता अधिक से अधिक सुनिश्चित करने के अधिकारियों के निर्देश दिये गये आकाशवाणी समाचार के लिये मुजफ्फरपुर से कौशल किशोर कौशिक बाद में चूनाव आयोग की टीम ने पूलिस महानिदेशक के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा की कल भागलपुर और बोधगया में निर्वाचन आयोग की समीक्षा बैठक होगी दिल्ली लौटने से पहले आयोग का दल पटना में राज्य के मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों के साथ भी बैठक करेगा आयोग की टीम में निर्वाचन उपायुक्त सुदीप जैन और चंद्रभूषण कुमार शामिल हैं जदयू सांसद हरिवंश लगातार दूसरी बार राज्यसभा के उपसभापति चुने गये हैं आज राज्यसभा में सभापति एम वेंकैया नायड् ने श्री हरिवंश के निर्वाचन की घोषणा की सभापति ने बताया कि सदन ने ध्वनिमत से हरिवंश को उपसभापति पद के लिये चुना है एनडीए उम्मीदवार के खिलाफ विपक्ष ने राजद के मनोज झा को उम्मीदवार बनाया था श्री हरिवंश को बाद में सभापति आसन तक ले गये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जदयू सांसद के दोबारा उपसभापति निर्वाचित होने पर बधाई दी है उन्होंने कहा कि सदन का कुशलता से संचालन करने में हरिवंश की भूमिका महत्वपूर्ण है श्री मोदी ने कहा कि उनकी भूमिका सदन में निष्पक्ष है और उन्हें हर राजनीतिक दल का सम्मान प्राप्त है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी श्री हरिवंश को बधाई दी है उन्होंने आशा जतायी है कि उनकी कुशल भूमिका से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से संचालित होगी कीमतों के निर्धारण और कृषि कार्य पर किसानों की सहमति से संबंधित विधेयक आज लोकसभा में प्रस्तुत किया गया

विधेयक पेश करते हुए श्री तोमर ने कहा कि यह विधेयक किसानों के हित के लिए है साउंड बाईट एक लंबे कालखंड के बाद मुझे लगता है इस अध्यादेश के माध्यम से खेती और कृषि के क्षेत्र में और किसान की स्थिति में क्रांतिकारी बदलाव आने वाला है अभी जो वर्तमान व्यवस्था है उसमें कृषक अपना उत्पाद पैदा करता है और वो मंडी में लाता है

अब अगर ये अध्यादेश अधिनियमित हो जाएगा तो निरिचत रूप से किसान को इस बंधन से मुक्ति मिलेगी पूर्व केन्द्रीय मंत्री और प्रखर समाजवादी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह का आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ वैशाली जिले के महनार के हसनपुर घाट पर गंगा नदी के किनारे अंतिम संस्कार किया गया उनके छोटे पुत्र शशि शेखर ने मुखाग्नि दी इस अवसर पर राज्य सरकार के मंत्री नीरज कुमार जय कुमार सिंह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव समेत कई विधायक और विधान पार्षद उपस्थित थे इससे पूर्व रघुवंश प्रसाद सिंह का पार्थिव शरीर उनके पैतुक गांव शाहपूर के साथ साथ वैशालीगढ़ लाया गया है जहां हजारों की संख्या में लोगों ने उनके अंतिम दर्शन किये भारतीय जनता पार्टी ने सत्रह सितम्बर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सत्तरवें जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज से सेवा सप्ताह शुरू किया है इस दौरान देश भर में पार्टी नेता और कार्यकर्ता विभिन्न गतिविधियों में शामिल होंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तरप्रदेश के गौतम बुद्धनगर के छपरौली गांव से इस अभियान की शुरूआत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का जीवन देश के लोगों की सेवा के लिए समर्पित है

भारत की सेवा जनता की सेवा दीनदयाल की सेवा दलीत की सेवा पिछडे की सेवा शोषित की सेवा जो समाज के अंतिम पायदान पर खडा है उसकी सेवा करना यह उनके जीवन का ध्येय रहा लक्ष्य रहा केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोविड उन्नीस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए देश एकजुटता के साथ काम कर रहा है कोरोना संक्रमण को लेकर आज लोकसभा में दिये बयान में उन्होंने कहा कि भारत इस महामारी को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने में सफल हुआ है डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश में संक्रमण से होने वाली मृत्यू की दर लगभग एक दशमलव छह पांच प्रतिशत है जबकि विश्व में यह तीन दशमलव दो प्रतिशत है उन्होंने कहा कि इस समय लगभग आधा प्रतिशत कोविड मरीज वेंटिलेटर पर हैं और एक प्रतिशत से कम मरीजों को आईसीयू में रखा गया है उन्होंने कहा कि सरकार के समय से उठाये गये कदमों के कारण देश में प्रति दस लाख आबादी में से मात्र तीन हजार लोग ही संक्रमित पाये जा रहे हैं प्रदेश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर बढ़कर इक्यानवे प्रतिशत हो गयी है यह राष्ट्रीय औसत से तेरह प्रतिशत अधिक है पिछले चौबीस घंटे के दौरान एक हजार नौ सौ छियासठ रोगियों को उपचार के बाद छुट्टी दी गयी स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर एक लाख पैंतालीस हजार उन्नीस हो गयी है वहीं इसी अवधि में नौ लोगों की मौत के साथ ही मृतकों का आंकड़ा बढ़कर आठ सौ इकतीस हो गया है एक दिन में एक हजार एक सौ सैंतीस नये मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या एक लाख उनसठ हजार पांच सौ छब्बीस हो गयी है आज सबसे अधिक पटना से एक सौ छियानवे मामलों की पुष्टि हुई है मुजफ्फरपुर से अठहत्तर सुपौल से छियासठ सहरसा से इकसठ नालंदा से बावन और भागलपुर से पचास मामले सामने आये हैं अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है देश में कोविड उन्नीस के स्वस्थ होने वालों की दर अठहत्तर प्रतिशत पर पहुंच गई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान सतहत्तर हजार से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए हैं स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या सैंतीस लाख अस्सी हजार से अधिक हो गई है वहीं इसी अवधि में एक हजार एक सौ छत्तीस संक्रमितों की मृत्यु के साथ ही मरने वालों की कुल संख्या उनासी हजार सात सौ बाईस हो गई है एक दिन में बानवे हजार इकहत्तर नये मामलों के साथ ही देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर अड़तालीस लाख छियालीस हजार चार सौ अठाईस हो गयी है केन्द्र सरकार ने उस मीडिया रिपोर्ट का खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि गृह मंत्रालय ने पहली अक्टूबर से देश भर के सिनेमा हॉल को दोबारा खोलने का आदेश दे दिया है एक ट्वीट में पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने कहा कि यह खबर फर्जी है पीआईबी ने कहा है कि गृह मंत्रालय ने सिनेमा हॉल खोलने के बारे में अभी कोई फैसला नहीं किया है बिहार ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन के आह्वान पर इक्कीस सूत्री मांगों को लेकर राज्य के ट्रक मालिक आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गये हैं एसोसिएशन के अध्यक्ष भानू शेखर प्रसाद सिंह ने बताया कि बिहार सरकार के बार बार आश्वासन के बावजूद उनकी समस्याओं के निदान के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया एसोसिएशन ने एक मार्च दो हजार बीस से इकतीस मार्च दो हजार इक्कीस तक के रोड टैक्स को पूरी तरह से माफ करने और कागजों की वैधता इकतीस मार्च दो हजार इक्कीस तक बढ़ाने की सरकार से मांग की है राज्य के पांच लाख से अधिक ट्रक ऑपरेटर के हड़ताल पर जाने से फलों सब्जियों और अन्य खाद्य पदार्थों की आवाजाही पर असर पड़ा है आज हिन्दी दिवस है उन्नीस सौ उनचास में आज ही के दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिन्दी को देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था कोरोना काल को देखते हुये राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में हिन्दी दिवस कार्यक्रम डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से आयोजित किये गये आकाशवाणी पटना में भी हिन्दी दिवस का आयोजन किया गया केन्द्र अध्यक्ष सह उप महानिदेशक वेद प्रकाश ने इस अवसर पर अपने संबोधन में हिन्दी के प्रचार प्रसार में आकाशवाणी की भूमिका को रेखांकित किया उन्होंने कार्यालय के कामकाज में अधिक से अधिक हिन्दी के प्रयोग की अपील की और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू

प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी बधाई